भाजपा विधायकों के साथ हाथापाई की नौबत आई हंगामे के कारण सदन में नहीं हुई शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही

सबसे अधिक पश्चिम चम्पारण के गौनाहा में उनतीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी बूलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर सवा बारह बजे और फिर दिन के दो बजे स्थगित करनी पड़ी दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरु हुई शराबबंदी के उल्लंघन के मुद्दे पर राजद के सदस्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बोलने देने से रोकने और अध्यक्ष पर दबाव बनाने को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए सदन के बीचो बीच आ गये इसी बीच विरोध कर रहे सदस्यों के खिलाफ भाजपा के सदस्य भी बोलने लगे इस दौरान नारेबाजी कर रहे राजद के सदस्यों और भाजपा के सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गयी इस बीच सभा के सुरक्षा कर्मियों ने सदन के बीच में आकर स्थिति को संभाला स्थिति बिगड़ते देख अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की कार्यवाही साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी साढ़े तीन बजे जब सदन की कार्यवाही शुरु हुई तब अध्यक्ष ने इस घटना को सदन की मर्यादा के प्रतिकूल बताया उन्होंने कहा कि यह स्थिति दोबारा नहीं हो इसके लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के अलावा सरकार और अन्य विरोधी दल के नेताओं से भी सदन को शांतिपूर्वक चलाने में प्रतिबद्धता व्यक्त करने को कहा

उन्होंने कहा कि उत्तेजना में कोई बात कहते समय सदस्यों को आत्मनियंत्रण रखना चाहिए

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत है कि राज्य के मंत्री के परिवार के सदस्य शराब की बिक्री करवा रहे हैं इस पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आपत्ति जताई कि तेजस्वी प्रसाद कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी रखा गया था इस पर राजद के सदस्य आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे आज हंगामे के कारण शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी मंत्री रामसूरत कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की इस दौरान मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया गया राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाये गये आरोप बेब्रनियाद है

प्रधानमंत्री के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण की कल अंतिम तिथि है इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो छात्रों के लिए तनावमुक्त वातावरण का सृजन करता है

कोसी क्षेत्र को मिथिला क्षेत्र से जोड़ने वाली सुपौल सरायगढ़ निर्मली झंझारपुर रेलखंड पर दरभंगा और सहरसा जंक्शन के बीच आज विशेष ट्रेन के माध्यम से सीधी रेल सेवा शुरू हो गयी इसके साथ ही सतासी वर्ष के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही का सिलसिला भी शुरू हुआ क्षेत्र के लोगों ने ट्रेन के पहुंचने पर उसका स्वागत किया इस विशेष गाड़ी के माध्यम से पूर्व मध्य रेलवे के महा प्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने पूरे रेलखंड का निरीक्षण किया गौरतलब है कि उन्नीस सौ चौंतीस में आये विनाशकारी भूकम्प के कारण निर्मली से सरायगढ़ के बीच यह रेलखंड क्षतिग्रस्त हो गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयूर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्वस्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज कहा कि राज्य में आबादी के हिसाब से चिकित्सकों की उपलब्धता करीब करीब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप पहुंच गयी है श्री पांडेय ने विधानसभा में अपने विभाग के बजट पर चर्चा के बाद उत्तर देते हुये कहा कि सरकार चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है

इनमें से एक लाख सत्रह लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि बीस हजार तीन सौ तेरासी लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है कल स्वास्थ्य विभाग ने पंचायती राज प्रतिनिधियों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया था राज्य में अब तक बारह लाख निन्यानवे हजार आठ सौ उनसठ लोगों को टीके दिये जा चुके हैं इनमें से दस लाख अठारह हजार दो सौ पचासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि दो लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौहत्तर लोगों को दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का पटना सहित देश के छह स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया लोक सम्पर्क और संचार ब्यूरो की ओर से पटना के ए एन कॉलेज में यह प्रदर्शनी लगायी गयी है यह पांच दिनों तक चलेगी नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावडेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे बाईट आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बहतरीन की जाएगी क्योंकि लोगों के इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले

यही संदेश इस प्रदर्शनी का है केन्द्रीय पश्पालन डेयरी और मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार किसानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं श्री सिंह ने बेगूसराय के बछवाड़ा में एक कार्यक्रम में कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी और उनके उत्पादों को सही बाजार उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन संगठनों की स्थापना की गयी है सुपौल जिले के राघोपुर में वार्ड संख्या बारह में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला सामने आया है मरने वालों में बावन वर्षीय मिश्रीलाल साह उनकी पत्नी रेणू देवी सहित दो बेटियां और एक पुत्र शामिल है आशंका जतायी जा रही है कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने यह कदम उठाया है देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और होली को देखते हये राज्य सरकार ने अधिकारियों को टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड की जांच की जायेगी इसके लिए रेलवे स्टेशनों बस स्टैंड और एयरपोर्ट के पास जांच की व्यवस्था रहेगी प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है रोहतास कैमूर औरंगाबाद गया नवादा अरवल पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण शिवहर मध्रबनी और सीतामढ़ी जिले में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गयी पटना तथा आस पास के क्षेत्रों में हल्की ब्रंदाबांदी हुई है सबसे अधिक पश्चिम चम्पारण जिले के गौनाहा में उनतीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं

भाजपा विधायकों के साथ हाथापाई की नौबत आई हंगामे के कारण सदन में नहीं हुई शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही

सबसे अधिक पश्चिम चम्पारण के गौनाहा में उनतीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी